इसका उपयोग दमा अलजाईमर कैंसर मानसिक रोग और रक्त संचार के उपचार में किया जाता है राज्यपाल ने वन विभाग से ऐसे दुलर्भ पोधों की प्रजातियों और औषधीय पौधें रोपित करने पर बल दिया इस अवसर पर लेडी गर्वनर सत्यावती मिश्र ने भी जिन्को का पौधा रोपित किया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत नए विद्युत कनैक्शन देने के लिए कोई सर्विस चार्जिज नहीं देने पडेंगे

उन्होंने कहा कि इस वर्ष चार लाख पुराने मीटरों को बदलकर इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाएंगे इस बीच विपिन परमार ने मरूंह पंचायत के नागनी में गौ सदन का भूमि पूजन भी किया और ननांओं में जनसमस्याएं सुनी बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गो के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है

उन्होंने कहा कि अधिकांश योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है

रमेश ध्वाला राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने देहरा क्षेत्र की घुरकाल पंचायत में आज उप स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत घर का लोकार्पण किया

बाद में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि लावारिस पशुओं से निजात दिलाने और कृषि को बढ़ावा देने के अलावा किसानों की सहायता के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं रमेश ध्वाला ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का लोगों से आग्रह किया गोविंद ठाक्र वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में वन संपदा और हरित आवरण बढ़ाने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है सुंदरनगर स्थित वन प्रशिक्षण संस्थान व रेंजर्स कॉलेज के दीक्षांत समारोह में आज उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में ये बात कही

पोषण अभियान देशभर में शिश्ओं किशोरियों गर्भवती व धात्री महिलाओं में कुपोषण की समस्या समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया है इसी कड़ी में आज लाहौल स्पिति ज़िला की रानिका पंचायत में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया बाल विकास परियोजना अधिकारी खुशवेंद्र ने कहा कि सितम्बर माह को देश में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए भरपेट भोजन के साथ ही भोजन का पोषक होना भी आवश्यक होता है अभियान नशे के उन्मूलन के लिए कुल्लू पुलिस ने जिले के मलाणा मणिकरण घाटी सैंज और बंजार के दूरदराज इलाकों में एक विशेष अभियान चलाया है

इस अभियान में नशा निर्वारण समितियों ग्राम पंचायतों महिला व युवक मंडलों केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और भारतीय रिर्जव वाहिनी के जवान और वन विभाग कर्मचारी अपना सहयोग दे रहे हैं आग चंबा ज़िला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की करयास पंचायत के गोस्ति गांव में आज सुबह आग लगने से दो मंजिला मकान जलकर राख हो गये इससे चार परिवार प्रभावित हुए हैं लेकिन किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है

दुर्घटना शिमला के उपनगर शोधी के समीप आनंदपुर में आज सेब से लदे ट्रक के फिसलकर एक अस्थायी ढारे पर गिरने से चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि परिचालक सहित दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं घायलों को आईजीएमसी शिमला में भर्ती करवाया गया है ज़िला पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने बताया कि मृतक की पहचान लुधियाना के हरनाम के रूप में की गई है